राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान लागू प्रतिबंध दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया

इस दौरान मेडिसिन हेल्थकेयर मेडिकल सामान वाले दुकाने ही खुली रहेंगी जबकि अन्य दुकानें दोपहर दो बजे के बाद बंद रहेंगी

इसके बाद राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद आगे का निर्णय लेगी पिछले तीन दिनों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के सभी मंत्री सांसद और विधायकों से कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर चर्चा कर रहे थे चर्चा में सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव दिये और कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार के साथ सहयोग करने की बात दोहरायी राज्य में कोरोना के संक्रमण दर में लगातार गिरावट दर्ज की गयी है पिछले कुछ दिनों में स्वास्थ होनेवाले रोगियों की संख्या में इजाफा हआ है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर पचास हजार चार सौ सरसठ पहुंच गई है पिछले चौबीस घंटों में आठ हजार तीन सौ एकतिस लोग स्वस्थ हुए हैं जिसकी संख्या नये सक्रिय मामले की संख्या से लगभग दोगुनी है पिछले चौबीस घंटों में चार हजार तीन सौ बासठ नये सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में अभी संक्रमण दर करीब आठ प्रतिशत पाया गया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में संतानबे संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई है राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक सताईस लाख छिहतर हजार नौ सौ तेइस लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा चुंकी है राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर इक्यासी दशमलव आठ पांच प्रतिशत हो गई है पीएम केयर्स कोष से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित ऑक्सीकेयर सिस्टम की एक लाख पचास हजार इकाइयों की खरीद को मंजूरी दी गई है

ऑक्सीकेयर सिस्टम एसपीओ ट् आधारित ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली है जो रोगियों को दी जा रही ऑक्सीजन को नियंत्रित रखती है इसके तहत एक लाख मैनुअल और पचास हजार ऑटोमेटिक ऑक्सीकेयर सिस्टम के साथ नॉन रिब्रीदर मॉस्क भी खरीदे जा रहे हैं ऑक्सीकेयर सिस्टम एसपीओ ट्र लेवल पर आधारित पूरक ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है और व्यक्ति को हाईपोक्सिया की स्थिति में जाने से बचाता है स्वदेश विकसित यह प्रणाली व्यवहारिक और अत्यधिक उपयोगी है इसे कोविड मरीजों के उपचार के लिए प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है डीआरडीओ ने यह प्रौद्योगिकी भारत में कई उद्योगों को सौंपी है जो ऑक्सीकेयर सिस्टम का निर्माण करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति और उपलब्धता की समीक्षा के लिए उच्चस्तसरीय बैठक की केंद्र सरकार कोविड की रोकथाम में इस्तेमाल की जा रही दवाओं की आपूर्ति पर पूरी सक्रियता से निगरानी रख रही है बैठक में इन दवाओं के लिए आवश्यक सामग्री के मौजूदा उत्पादन और भंडार के बारे में भी चर्चा की गई रेमडिसिविर सहित सभी दवाओं का उत्पादन भी पिछले कुछ सप्ताह में बढा दिया गया है श्री मोदी ने कहा कि भारत का औषधि क्षेत्र बहुत ही सक्षम और सक्रिय है और सरकार के लगातार सहयोग समन्वय से सभी दवाओं की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है प्रधानमंत्री ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति स्थिति का भी जायजा लिया

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड संक्रमण में अचानक आयी तेजी से स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ा है हम सभी को साथ मिलकर और ग्रामीणों क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए इस लड़ाई को धैर्य और मजबूती के साथ लड़ना है उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से निपटने में राज्यों ने सराहनीय कार्य किया है

उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति में आरक्षण का लाभ देने के आदेश को खारिज कर दिया चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कल अपने फैसले में कहा कि इस मामले में राज्य सरकार और जेपीएससी का पक्ष सही है सीमित परीक्षा के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्ति के लिए आरक्षण का लाभ वैसे सरकारी सेवकों को नहीं मिलेगा जो झारखंड के मूल निवासी नहीं हैं और राज्य विभाजन के समय कैडर डिवीजन में झारखंड आए हैं कोविड महामारी के मद्देनजर कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआई ने वर्ष दो हजार इक्कीस के अप्रैल महीने के लिए ईएसआई में योगदान दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है

अब चौदह मई को ही ईद की नमाज अदा की जायेगी

रांची रामगढ़ बोकारो हजारीबाग गिरिडीह समेत कई जिलों में सुबह से बारिश हो रही है मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है

पिछले चार पांच दिनों से लगातार रांची में छिटपुट बारिश हो रही है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले चार दिनों तक रांची सहित झारखंड के कई हिस्सों में बारिश के साथ तेज आंधी व तूफान के अलावे गर्जन व वज्रपात आने की संभावना है

आज से प्रभावी आंशिक लॉकडाउन में सोलह मई से बसों का परिचालन बंद रहेगा और शादी समारोह में ग्यारह से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं रहेगी हिन्दी दैनिक हिंदुस्तान ने झारखंड समेत कई राज्यों में टीके की कमी की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है प्रभात खबर ने चार सौ पचास से अधिक रेल कर्मियों के ऑक्सीजन एक्सप्रेस के परिचालन के दौरान कोरोना से संक्रमित होने और बीस लोगों की कोविड से मौत की खबर को टॉप बाक्स खबर बनाया है दैनिक भास्कर ने राज्य में कोरोना की मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा रहने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक जागरण ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा मूल निवासी होने पर ही आरक्षण का लाभ मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

और हिंदुस्तान टाईम्स ने राज्यों में अठारह से चौवालीस आयु वर्ग के लोगों के लिए मई महीने में दो करोड़ टीके की उपलब्धता की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है